हरियाणा में बहत से इलाकों में बरसात के चलते मौसम विभाग ने मंगलवार तक भारी वर्षा की चेतावनी दी है

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए पचास करोड़ रूपये की ग्रांट दी जायेगी अगले माह भिवानी शिक्षा बोर्ड ने स्वर्ण जयंती समारोह में तीन सौ मेघावी छात्रों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे

यह योजना गरीबों के स्वास्थ्य देखभाल स्विधा प्रदान करेगी आज ओडीसा मे एक रैली को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह योजना दस करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये तक की चिकित्सा कवर प्रदान करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब पचास करोड़ लोगों को अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो साल भर में पांच लाख रूपय तक का हैल्थ इंशयोरेंस भी दिया जायेगा

हरियाणा के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री कृष्ण क्मार बेदी सिरसा के अस्पताल में कल आय्ष्मान भारत योजना का आरंभ करेंगे इस मौके पर होने वाले कार्यक्रम में पांच लाख लोगों को गोल्डन लैंड भी जारी किय जायेंगे

योजना के तहत प्रति परिवार पांच लाख रूपये तक का ईलाज खर्च अब सरकार उठायेगी अभी जिले में नौ निजी व चार सरकारी अस्पतालों को पैननल पर लिया गया है

अम्बाला की उपाय्क्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा है कि ऐसी वर्षा से नदियो नालों और खालों के पानी के स्तर बढ़ने की संभावना रहती है सभी सरपंचों नंबरदारों पटवारियों और ग्राम सचिवों को निर्देश दिये है कि नदियों नालों व खालों के आसपास बसे लोगों से अपील करे कि अधिक पानी की स्थिति में स्वयं भी जल स्त्रोतों से दूर रहे और पश्ओं को भी दूर रखें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले की नलवा विधानसभा सीट के विकास के लिए पचास करोड़ देने की घोषणा की है

हिसार से विधायक डा कमल ग्प्ता ने कहा कि जल्द ही अगली तारीख का ऐलान किया जायेगा बीती रात से जिला यम्नानगर के ज्यादातर इलाकों में रूक रूक कर तेज़ बरसात हो रही है बरसात के साथ आज सुबह चली हवा से कई इलाकों में धान की फसल को न्कसान पहंचा है राज्य के पंचकूला अम्बाला यमुनानगर कुरूक्षेत्र कैथल करनाल सहित एक दर्जन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी एव अलर्ट जारी किया गया है सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्व अन्मति के छ्टी नहीं ले सकेंगे

फतेहाबाद के उपाय्क्त डा जे के आभीर ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि वे अपने अपने विभाग के तहत उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी व उपकरण तैयार रखें उधर अम्बाला में हो रही बरसात के कारण आज स्बह अम्बाला छावनी के दिलीप गढ़ में एक मकान की छत गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई हादसे में चार लोग घायल हो गये प्लिस ने घायलों को अस्पताल पहंचाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है

कार्यक्रम में प्रदेश के सभी उपाय्क्त एस पी जिला शिक्षा अधिकारी भी आंमत्रित किये गये है ग्रू जंबेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में आज हायर एज्केशन विभाग की तर फ से पहला राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना प्रस्कार समारोह आयोजित किया गया जिसके प्रदेश भर से च्ने गये स्वयं सेवकों को स्म्मानित कियागया समारोह के म्ख्य अतिथि हिसार से विधायक डा कमल ग्प्ता ने कहा कि सफाई की श्रूआत ख्द से करनी चाहिए तभी देश भी साफ होगा

त्रिदेव सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि स्भाष बराला और संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट बतौर विशिष्ठ अतिथि शिरकत करेंगे अम्बाला से सांसद रंतन लाल कटारिया और पंचकूला से विधायक ज्ञानचंद ग्रप्ता विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे पंचक्ला जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि पार्टी संरचना में मतदान केन्द्र यानि की बूथ ही प्रथम और सबसे महम्वपूर्ण इकाई होती है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा रोहतक बैठक मे दिया गया सबसे महत्वप्र्ण मूलमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत पर कार्यकरना है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आगामी लोकसभा च्नावओं के मददेनज़र कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिये जायेंगे

यमुनानगर जिले के खिजराबाद इलाके में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली की चपेट मे आकर बाईक सवार दो भाईयों की मौत हो गई

प्लिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है आय्ष विभाग रेवाड़ी दवारा आज जिले के गांव सहारनवास के राजकीय आय्र्वेदिक औष्दयालय में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत चिकित्सा शिविर का शुभारंभ जिला आयुर्वेद अधिकारी डा अजीत सिंह यादव एवं श्री अनिल राव ने धनवंतरि पंजन करके किया डा अजीत सिंह ने गर्भवती मिहलाओं धागी मिहलाओं एंव नवजात शिश्रओं बच्चों व किशोरियों को क्पोषण से बचाने के लिए दैनिक प्रयोग में आने वाली आयर्वेदिक औषाधियों बारे बताया कृपोषण से बचने के लिए सावधनियों की प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया शिविर में गिलोज काढ़े का भी वितरण किया गया

श्रीमती जैन इन सड़कों के निर्माण कार्य के शिलान्यास के बाद उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रही थी उन्होंने बताया कि बरसात के कारण इन सड़कों को बार बार ट्रटने की समस्या का स्थाई समाधान किया जा रहा है अब इन सड़कों को इंटर लॉक टायलों से बनाया जायेगा